प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परसो आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के सथ अपने विचार सांझा करेंगे भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत अधिकारी आलोक वर्मा हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने राज्यपाल ने उन्हे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई

आज चंडीगढ़ में हरियाणा व ग्रामोद्योग बोर्ड की समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने यह जानकारी दी उप म्ख्यमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली के चाणक्यप्री स्थित लोक निर्माण विश्राम गह में भी खादी की एक बड़ी द्कान खोली जाएगी ताकि देश की राजधानी में हरियाणा के खादी उत्पादों को विदेशों से आने वाले पर्यटक भी खरीद सकें ये सभी दकानें एक ही आकार की एक जैसी होगी श्री दृष्यंत चौटाला ने बताया कि बोर्ड द्वारा सभी उत्पादों पर अपना लोगो लगाकर बेचा जाएगा ताकि हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड एक ब्रांड बनकर उभर सके मिली जानकारी के अन्सार बैठक में उप म्ख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को खादी के वस्त्र जैकेट कुर्ता पाजामा बैड शीट रजाई अचारशहद साब्न तेल शैंपू व मसालों के अलावा अन्य पारंपरिक उत्पादों के साथ साथ बाजरा के बिस्क्ट क्रक्रे व अन्य नए उत्पादों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत इन उत्पादों का व्यवसाय करने वाले लोगों को सूक्ष्म लघ् एवं मध्यम उद्योगों के तहत म्द्रा ऋण दिलवाया जाएगा

आकाशवाणी डी डी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यू टयूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जायेगा आकाशवाणी पर हिन्दी प्रसारण के त्रंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसासित किया जायेगा क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्न प्रसारण शाम आठ बजे किया जायेगा

आज सिरसा और फरीदाबाद में एक एक कोविड मरीज़ की मृत्यु भी ह्ई है आज हरियाणा की विशेष सीबीआई अदालत में रंजीत हत्याकांड मामले की सुनवाई हुई मामले में आरोपी ग्रमीत राम रहीम और कृष्ण वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हये कोरोना महामारी के चलते अन्य आरोपी सबदिल अवतार और जसबीर की हाजिसी वकील के जरिये लगाई गई सुनवाई के दौरान एक अन्य आरोपी इन्द्रसेन के वकील ने अदालत में बताया कि इन्द्रसेन की इस महीने के पहले सप्ताह में ही मृत्यू हो गई है सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायधीश ने इन्दसेन के वकील को उनका मृत्यू प्रमाण पत्र जमा करने को कहा इसके अलावा आज सुनवाई के दौरान कुछ खास कार्रवाई नहीं हुई

पलवल चीनी मिल के प्रबंध निदेशक डॉ नरेश कुमार ने बताया है कि पलवल सहकारी चीनी मिल का पिराई सत्र दो नवम्बर को शुरू होगा

उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम अगेती किस्म के पेडी का गन्न लिया जोयगा जिसके बाद मध्यम पेडी व पछेती किस्त की पेडी का गन्ना लिया जायेगा

हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने आज भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत अधिकारी अलोक वर्मा को हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की तौर पर शपथ दिलाई चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में आयोजित शपथ समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में श्री आलोक वर्मा ने निष्ठा पद एवं गोपनीयता की श्पथ ली इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता शिक्षा मंत्री कंवर पाल पर्यटन निगम के अध्यक्ष एंव विधायक रणधीर सिंह गोलन और नप निय्क्त अध्यक्ष के परिवार के सदस्य भी उपस्थित थे

फतेहाबाद के उप प्लिस अधीक्षक अजायब सिंह ने बताया कि पकड़ा गेया एक नशा तस्कर विक्रम सिंह हिसार का और दूसरा नशा तस्कर मलकीत सिंह फतेहाबाद के गांव हिजरावां कलां का रहने वाला है उन्होंने बताया कि ये दोनों सूरजभान नाम के एक व्यक्ति से गांजा लेकर आये थे जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जायेगा आज नवरात्र सातवे दिन केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री रतन लाल कटारिया ने अपनी धर्मपत्नी के साथ माता मनसा देवी मंदिर में कोरोना मुक्ति यज्ञ में भाग लिया और प्रदेश व देश के कोरोना महामारी से निजात दिलाने की मन्नत मांगी उन्होंने आशा जताई कि शीघ्र ही देशवासियों को इस महामारी से छ्टकारा मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी हमार संवाददाता ने बताया कि मंदिर को बार बार सैनेटाइज किया जा रहा है और दर्शनों के लिए ऑन लाइन अन्मति दी जा रही है यमूनानगर के प्राचीन मंदिरो से आज कन्या पूजन किये जाने की खबरें मिली है क्योकि इस बार दुर्गा अष्टमी दो दिन मनाई जा रही है

सिरसा के उपाय्क्त रमेश चन्द्र बिढ़ान ने आज जिले के गांव वकरियांवाली ग्पिया खेड़ा माधो सिंधाना मलेगा उमेदप्र मैहना खेड़ा प्रणियावाली और सादेवाला गांव का दौरा कर कीट से कपास की फसल के खराबे की करवाई गई विशेष गिरदावरी की पड़ताल की इन्द्रीय के विधायक राम कुमार कश्यप ने आज शहर में करीब साढ़ चार करोड़ रूपये की लागत से निर्मित एक भव्य शॉपिंग कॉम्लैक्स और नगर पालिका भवन का विधिवत उदघाटन किया

अम्बाला में कोविड के मददेनज़र पल्स पोलियो अभियान का पहल नवम्बर को शुरू होने वाला पहना चरण केवल उच्च जोखिम क्षेत्रों के लिए होगा उप सिविल सर्जन डॉ बेला शर्मा ने बताया कि इस दौरान झुग्गी झोपड़ी और प्रवासी आबादी वाले स्थानों पर पोलियो की ख्राक पिलाई जायेगी